राज्य सरकार ने लॉकडाउन में छूट देते हुए आठ नवंबर से अंतरराज्यीय बसें चलाने की दी अनुमति एक नवंबर से जिम और बार भी खुलेंगे

राज्यभर में दुर्गा पूजा का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है आज खुलेंगे कई पंडालों के पट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

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार दौरे पर हैं श्री मोदी आज बिहार में कई चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री ने कल ट्वीट के माध्यम से यह जानकारी देते हुए कहा है कि उन्हें कल बिहार के लोगों के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा श्री मोदी ने ट्वीट संदेश में कहा कि वे सासाराम गया और भागलपुर में रैलियों को संबोधित करेंगे उन्होंने कहा कि वे जनता जनार्दन के सामने एनडीए का विकास एजेंडा रखेंगे और और अपने गठबंधन के लिए उनका आशीर्वाद मांगेंगे प्रदेश भाजपा अध्यक्ष संजय जायसवाल ने बताया कि प्रत्येक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में चार एलई डी स्क्रीन और एक बड़ी स्क्रीन लगाए जाएंगे जिसके जरिए प्रधानमंत्री का भाषण प्रसारित किया जाएगा उन्होंने कहा कि सभी उम्मीदवार अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों में उपस्थित रहेंगे और श्री मोदी का भाषण शुरू होने से पहले खुले मैदान में जनता को संबोधित करेंगे कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी आज बिहार में चुनाव प्रचार शुरू करेंगे वे नवादा और भागलपुर जिलों में दो रैलियों को संबोधित करेंगे राज्य सरकार ने लॉकडाउन में छूट देते हुए आठ नवंबर से अंतरराज्यीय बस सेवा बहाल करने की अनुमति दे दी है वहीं एक नवंबर से बार और जिम खोलने की भी मंजूरी दी गयी है हालांकि यह छूट कंटेनमेंट जोन के बाहर बहाल की गई है आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने इस बाबत् आदेश जारी कर दिया है सरकार ने दूसरे राज्यों से वापस आने वाले लोगों को चौदह दिन की होम क्वोंटाईन की शर्तों को वापस ले लिया है नये आदेश के मुताबिक कंटेनमेंट जोन के बाहर के स्कूलों में परीक्षाएं संचालित करने के लिए स्कूल बुलाया जा सकता है सरकार ने कंटेनमेंट जोन के बाहर एक नवंबर से बंद स्थान में पचास फीसदी क्षमता के साथ मंडलीय जुटने की अनुमति दी है इसी प्रकार खुले स्थान पर अब अधिकतम दो सौ लोग जुट सकेंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर झारखंड के खाते से बिजली बकाये की काटी गयी चौदह सौ सत्रह करोड़ रूपये की राशि वापस मांगी है साथ मंत्रिपरिषद के अपने साथियों के साथ मिलने का समय भी मांगा है

धनबाद जिले के डीएसपी मुकेश कुमार को स्थानांतरित करते हुए रांची अपराध अनुसंधान विभाग सीआईडी का डीएसपी बनाया गया हैं इस संबंध में गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने कल अधिसूचना जारी कर दी सिमडेगा जिले में पर्यटन को विकसित करने के लिए जिला प्रशासन ने पहल की है इसके लिए कई चिहिनत स्थलों तक पहुंच पथ का निर्माण कराया जा रहा है बेरमो विधानसभा उपचुनाव को लेकर जिले में विशेष वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा है

इस कम्प्यूटर एप्लिकेशन में पहले से ही सुरक्षित डिजिटल इमेज का चेहरे से मिलान हो पाएगा इसी तरह से डाटाबेस में पहले से ही सुरक्षित विद्यार्थी की इमेज का सीबीएसई के प्रवेश पत्र पर लगे फोटोग्राफ से मिलान हो सकेगा फोटो का मिलान सफल होने पर प्रमाण पत्र विद्यार्थियों को ई मेल कर दिये जाएंगे

पिछले चौबीस घंटे के दौरान राज्य में पांच सौ उनचास कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं वहीं छह सौ पच्चीस कोरोना मरीज ठीक हुए हैं

छह हजार एक सौ बाईस सक्रिय केस हैं इक्यानवें हजार छह सौ उनतीस मरीज ठीक हुए हैं

वहीं झारखंड में कोरोना की रिकवरी रेट करीब तिरानवें प्रतिशत पहुंच गई है केन्द्र सरकार ने कहा कि देश में कोविड संक्रमण की समग्र दर सात दशमलव आठ एक प्रतिशत और दैनिक संक्रमण की तीन दशमलव आठ प्रतिशत है एक ट्वीट में स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि कई राज्यों और केन्द्रस शासित प्रदेशों में संक्रमण की दर राष्ट्रीय औसत से अधिक दर्ज हई है इन राज्यों में आक्रामक और व्यापक जांच अभियान चलाने की आवश्यकता है

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद आईसीएमआर ने कोरोना संक्रमण का पता लगाने के लिए कोविरैप की दक्षता को मान्यता दे दी है इस नैदानिक प्रौद्योगिकी को खडगपुर के भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी के शोधार्थियों ने विकसित किया है कोविरैप विधि से कोविड की जांच आसानी से की जा सकती है यह जांच किफायती है और एक घंटे के अंदर परिणाम मिल सकते हैं जांच की यह विधि अत्याधिक विश्वसनीय और सटीक है यह उपकरण सस्ता है और आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता है जांच के परिणाम मोबाइल ऐप्लीकेशन से मिलते हैं इसलिए मानवीय हस्तक्षेप की जरूरत नहीं होती आईसीएमआर के दिशा निर्देशों के अनुसार कोविरैप की कड़ी जांच की गई है विभिन्न वाणिज्यिक ईकाइयों ने कोविरैप के लाइसेंस के लिए संपर्क किया है ताकि इसे तेजी से आम आदमी तक पहुंचाया जा सके राज्यभर में दुर्गापूजा का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है सप्तमी पूजा में आज राज्यभर के कई पंडालों के पट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिये जाएंगे वहीं कल कोडरमा रांची और जमशेदपुर के प्रमुख पूजा समितियों द्वारा बनाये गए पंडालों के पट खोल दिये गए कल कोडरमा में दुर्गापूजा पंडाल के पट भक्तों के लिए खोल दिए गए कोविड के निर्देशों के तहत माँ दुर्गा के दर्शन के लिए भक्त पहुंचे रहे है

इस संबंध में गुरूवार को कार्मिक विभाग द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गयी

गढ़वा जिले के उपायुक्त राजेश कुमार पाठक की अध्यक्षता में हुई जिला सुरक्षा समिति की बैठक में जाम से निपटने के लिए सरस्वती और दानरो नदी पर पुल बनाने का निर्णय लिया गया

पलामू जिले के पीपड़ाटांड और लेस्लीगंज में अलग अलग हुए सड़क दुर्घटना में दो लोगों की मौत हो गई पहली घटना पीपड़ाटांड थाना क्षेत्र के अक्बांध में घटी जिसमें खाली ट्रैक्टर के पलटने से उसके चालक की मौत हो गयी वहीं दूसरी घटना लेस्लीगंज की है जहां मिट्टी से लदे ट्रैक्टर के पलटने से चालक की मौत हो गयी दुबई में खेले जा रहे आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने राजस्थान रॉयल्स को आठ विकेट से हराकर प्ले ऑफ में पहुंचने की अपनी उम्मीदें बरकरार रखी है

सनराइजर्स हैदराबाद की ओर से जेसन होल्डर ने तीन खिलाडियों को आउट किया राशिद खान और विजय शंकर को एक एक विकेट मिले

आज शारजाह में चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला मुंबई इंडियन्स से होगा आईये अब सुनते हैं राज्य के प्रमुख अखबारों ने किन खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है आठ नवंबर से अंतरराज्यीय परिवहन सेवा शुरू की जायेगी साथ ही बाहर से आने पर अब चौदह दिनों की क्वारेंटाइन रहने की बाध्यता को खत्म करने के राज्य सरकार के फैसले को सभी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है दैनिक हिंदुस्तान ने पहले पन्ने पर एक नवबर से ख्लेंगे जिम और बार स्कूल कॉलेज के साथ सीनेमा हॉल अभी बंद रहेंगे खबर को अपनी सुर्खी बनायी है दैनिक प्रभात खबर ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा केन्द्र सरकार पर की गई टिप्पणी अब मेडिकल कॉलेजों की मान्यता खत्म करने पर तुला है केन्द्र शीर्षक से पहले पन्ने की प्रमुख खबर बनायी है दैनिक भास्कर ने लॉकडाउन में दी गई ढिलाई वाली खबर को चौदह दिन का क्वारेंटाईन खत्म दूसरे राज्यों की बसें आठ से खुलेंगी शीर्षक को अपनी सूर्खी बनायी है दैनिक जागरण ने अंतरराज्यीय बसें आठ से खुलेंगी दीपावली और छठ से पहले सरकार ने दी लॉकडाउन में छूट की खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है रांची एक्सप्रेस ने मुख्यमंत्री के बयान अपने अधिकारों को हम लड़कर लेंगे की खबर को पहले पेज पर जगह दी है